संसदीय चुनाव के शेष तीन चरणों के लिये प्रचार अभियान चरम पर है सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक चुनावी सभाएं और रैलियां कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अयोध्या जिले के मया बाजार इलाके में एक रली को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है उनकी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता है

अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने श्रमिकों के हित में कई प्रभावी कदम उठाये हैं श्री मोदी ने कौशाम्बी में भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित किया उन्होंन कहा कि विगत चुनाव में केन्द्र में मज़बूत सरकार प्रदान करने में उत्तर प्रदेश के जागरूक मतदाताओं ने अहम भूमिका निभाई थी श्री मोदी ने कहा कि इस बार कुंभ में स्वच्छता की वजह से पूरी दुनिया में देश का मान और बढ़ा है विशेषकर इस विश्व स्तरीय आयोजन में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार और अव्यवस्था नहीं हुई है श्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सभी के लिये समान द्रष्टि से काम किया है कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस बार अपने च्नावी इतिहास में सबसे कम सीटों पर लड़ रही है भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा है कि उसके शासनकाल में देश की आंतरिक सुरक्षा की जगह आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा मिला श्री योगी आज बस्ती में पार्टी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के पक्ष में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले पांच वर्षो के दौरान देश के आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर गरीबों को फायदा पहंचाया है श्री योगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो काम पचपन वर्षो तक सत्ता में रह कर नहीं कर सकी वह भाजपा ने पांच वर्षो में करके अपनी क्षमता का परिचय दिया है जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी ने कहा कि सपा और बसपा ने चूनावी गठबंधन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिये किया है इन दोनों दलों का लक्ष्य विकास नहीं है

वाराणसी संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज बहादुर यादव का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है तेज बहादुर यादव ने दो सेटों में अलग अलग नामांकन दाखिल किये थे और इन दोनों में बीएसएफ से बर्खास्तगी के बारे में अलग अलग जानकारी दी थी ज़िला निर्वाचन अधिकारो ने नोटिस जारी कर उन्हें चौबोस घंटे के अन्दर बीएसएफ से एनओसी लेकर दाखिल करने के लिये कहा था ताकि यह बात साफ हो सके कि उन्हें नौकरी से किस वजह से निकाला गया था लोकसभा चुनाव के चार चरणों का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होने के बाद अब पांचवें चरण में मतदान को लेकर तैयारियां तेज हो गई है इस चरण में छह मई को प्रदेश की चौदह लोकसभा सीटों पर वोट डाले जायेंगे इन सीटों में लखनऊ अमेठी रायबरेली और फैजाबाद जैसो महत्वपूर्ण सीटों के साथ साथ धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज बांदा फतेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी बहराइच कैसरगंज और गोण्डा सीटें शामिल हैं इन सभी सीटों पर कुल एक सौ इक्यासी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं लखनऊ संसदीय सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और सपा प्रत्याशी प्रनम सिन्हा चुनाव मैदान में हैं जबकि अमेठी सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा प्रत्याशी तथा केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के बीच कड़ा मुकाबला है रायबरेली सीट पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी धौरहरा सीट पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी जितिन प्रसाद फैजाबाद सीट पर भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री एवं गठबंधन प्रत्याशी आनन्द सेन यादव चुनाव मैदान में हैं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

सेना के मध्य कमान ने आज लखनऊ में अपना छप्पनवां स्थापना दिवस हर्षोल्लास और पारम्परिक ढंग से मनाया इस अवसर पर मध्य कमान के सेनाध्यक्ष लेपिटनेंट जनरल अभय कृष्णा ने कमान के युद्ध स्मारक स्मृतिका पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन जाबांज शहीद सनिकों को श्रद्वाजंलि दी जिन्होंने राष्ट्र रक्षा में अपना बलिदान दिया है लेफ़्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा ने अपने संदेश मे सैन्य कर्मियों से मध्य कमान की उच्च परम्पराओं को बरकरार रखने का आहवान किया मध्य कमान का परिक्षेत्र सात राज्यों तक फैला है जिसमें बड़ी संख्या में लाजिस्टिक और ट्रेनिक सैन्य संस्थान स्थापित है सूर्या कमान के नाम से लोकप्रिय इस कमान में भारतीय थल सेना के लिये चालीस प्रतिशत सैनिकों का योगदान है जबकि इस कमान के तहत तीस प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक आते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है यह दिन श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिये मनाया जाता है इस अवसर पर मजदूर यूनियन और सामाजिक संगठन कई कार्यक्रम आयोजित कर मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हैं इसी क्रम में कुशीनगर और पडरौना में श्रमिक संगठनों ने मजदूर दिवस मनाया वहीं हमीरपूर में विभिन्न विभागों ने जागरूकता गोष्ठी का आयोजन कर श्रमिकों के लिये संचालित योजनाओं की जानकारी दी पीलीभीत में श्रमिक संगठनों द्वारा शैक्षिक संस्थानों और कारखानों में श्रमिकों को सम्मानित किया गया

निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में वर्धा में भाषण के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन की शिकायत के बारे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है आयोग ने कहा कि इस मामले में आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है

श्री खान के खिलाफ प्रतिबंध की यह कार्रवाई चूनाव अधिकारियों के विरूद्ध भड़काने वाली टिप्पणी करने और साम्प्रदायिक बयान देने की वजह से की गई है श्री खान पर प्रतिबंध आज सुबह छह बजे से लागू हो गया है लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि केन्द्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों और वंचितों के लिये वरदान साबित हुई है श्री पासवान आज कुशीनगर जनपद के लक्ष्मीगंज इलाके में भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार दुबे के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकताओं में समाज का अंतिम व्यक्ति शामिल है सपा और बसपा गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए श्री पासवान ने कहा कि यह पार्टियां पिछड़ों और दलितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाती हैं